जबकि कांग्रेस अध्यक्ष की परसों तीन रैलियां प्रस्तावित

पूरे उत्तराखंड में इसी दिन वोट डलने हैं मतदान में क्छ ही दिन रह गए हैं इसलिए प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है भाजपा और कांग्रेस स्टार प्रचारकों के जरिए जनता को साध रहे हैं इसी कड़ी में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रुड़की और काशीपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया रूड़की में हरिद्वार सीट से भाजपा प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक के समर्थन में आयोजित जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने भाजपा को वोट देने की अपील की उन्होंने कहा कि प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने राज्य को एक नई पहचान दी है और डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड का कायाकल्प किया है योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस देश के लिए बोझ बन चुकी है अयोध्या में रामजन्म भूमि का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राममंदिर वहीं बनेगा जहां रामलला विराजमान हैं इससे पहले काशीपुर में नैनीताल सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है और उनके कार्यकाल में दुनिया भर में देश का सम्मान बढ़ा है उन्होंने कांग्रेस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और उसके घोषणापत्र पर सवाल भी खड़े किये

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देहरादून में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की परसों हरिद्वार श्रीनगर और अल्मोड़ा में जनसभाएं प्रस्वाति हैं

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह समेत अन्य वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में जुट हुए हैं उधर बसपा और उत्तराखंड क्रांति दल के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी तैयारियों में जुटे हैं इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल देहरादून में होने वाली जनसभा को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि उत्तराखंड का माहौल भाजपा के पक्ष में बन रहा है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में पार्टी को बड़ी सफलता मिलेगी वहीं कांग्रेस प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री की रैली से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस का विश्वास जनता के साथ है पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को राज्य में पांचों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था लेकिन इस बार के चुनाव में जीत के लिए पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है कांग्रेस नेताओं का मानना है कि सरकार जन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है जिसका फायदा उन्हें मिलेगा युवा कांग्रेस सचिव युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और उत्तराखण्ड प्रभारी अंक्र वर्मा ने आज देहराद्न में कहा कि मोदी सरकार के पांच साल के कार्यकाल में जनता को कोई राहत नहीं मिली है उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा

उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में फीस में भारी वृद्धि हुई है और रोजगार के अवसर बंद हो गए हैं मतदाता जागरूकता नैनीताल में स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया

नैनीताल के मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि नुक्कड़ नाटक पोस्टर बैनर और रैलियों के जरिये लोगों को मतदान के लिए जागरुक किया जा रहा है इसके साथ ही हस्ताक्षर अभियान जैसे कई अन्य माध्यमों से लोगों को मतदान का महत्व बताया जाएगा राज्यभर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप की टीम जागरुकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है ताकि मतदान के दिन अधिक से अधिक लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें मतदाता मेला युवा वोटरों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए टिहरी जिला प्रशासन ने बौराड़ी में मतदाता मेले का आयोजन किया मेले में नुक्कड़ नाटक रंगोली मेहंदी और पतंग प्रतियोगिता के माध्यम से युवा वोटरों को अधिक से अधिक वोट देने के लिए प्रेरित किया गया स्वीप के नोडल अधिकारी और टिहरी के मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगई ने बताया कि युवा मतदाताओं को आसपास के लोगों को भी वोट देने के लिये प्रेरित करने की अपील की जा रही है

उन्होंने मतदेय स्थल पर मतदान अधिकारियों का सीटिंग प्लान मतदान कक्ष बिजली पानी शौचालय के साथ साथ मतदान पार्टियों के ठहरने और भोजन व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली उन्होंने मतदाताओं का मतदान कक्ष तक प्रवेश और बाहर जाने के लिए बैरिकेडिंग कर अलग अलग रास्ता बनाने के निर्देश दिए मतदान केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी स्कूली बच्चों को नैतिक मतदान की जानकारी दी

ईवीएम मशीनों में चुनाव चिन्ह समेत प्रत्याशियों का नाम और फोटो फीड की जा रही हैं जिससे मतदाताओं को वोट डालते समय कोई परेशानी न हो

कुछ मशीनों को रीजर्व में भी रखा गया है

सखी बूथ चंपावत लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं को लुभाने और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चम्पावत जिले में एक एक संखी बूथ बनाने का निर्णय लिया गया है

जिले के सहायक निर्वाचन अधिकारी नैन सिंह महरा ने बताया कि दोनों सखी बूथों में पीठासीन अधिकारी से लेकर मतदान कर्मी और चतुर्थ कर्मी तक महिला होंगी उन्होंने बताया कि महिलाओं को चुनाव ड्यूटी के प्रति उत्साहित करने और जिले में महिला मतदाताओं के मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी करने के लिए यह पहल कारगर साबित हो सकती है

हालांकि किसानों की कई समस्याएं सालों से जस की तस हैं हरिद्वार जिले के किसान सबसे ज्यादा जंगली जानवरों के आतंक से त्रस्त हैं यहां हाथी और नीलगाय किसानों की फसलें बर्बाद करते हैं हाथियों के डर से किसान गन्ने की खेती से बचने लगे हैं वन विभाग के अनुसार हाथियों के आने वाले मार्ग पर कई बार तार लगाये जाते हैं लेकिन गंगा किनारे खनन के चलते लोग खुद ही उस तार को हटा देते हैं और हाथी खेतों में घुस आते हैं सुरक्षा व्यवस्था लोकसभा चुनाव के लिए चमोली जिले में सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है चमोली के पुलिस अधीक्षक यशवन्त सिंह चौहान ने बताया कि चुनाव आयोग ने सुरक्षा के तहत दो कम्पनी पैरामिलिट्री दो प्लाटून पीएससी और हिमाचल प्रदेश से भीयहां फोर्स भेजी है इसके अलावा चमोली पुलिस जगह जगह वाहनों की चेकिंग भी कर रही है

इस वर्ष फरवरी में भी बैंक ने रेपो दर में कमी की थी आज मुम्बई में बैंक के गवर्नर शक्ति कांत दास ने चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि रिवर्स रेपो दर भी कम करके पांच दशमलव सात पांच प्रतिशत और बैंक दर छह दशमलव दो पांच कर दी गई है यह फैसले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर को चार प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए हैं जिसमें दो प्रतिशत की बढ़त या कमी भी हो सकती है

कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि वे कुछ दिनों बाद शुरू हो रही विश्व प्रसिद्व चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार हैं उन्होंने कहा कि देहरादून हवाई अड्डा लगातार नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़ी है देहरादून से अब मुम्बई के लिए भी फ्लाइट शुरू हो गई हैं उन्होंने एयरपोर्ट पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही अन्य बड़े शहरों से भी देहरादून एयरपोर्ट को जोड़ना अपनी प्राथमिकता बताया